वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर लगाया चीनी पर सब्सिडी खत्म करने का आरोप

तीसरे चरण में गोवा की तीन और गुजरात की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख निश्चित की है न्यायालय उस दिन यह तय करेगा कि मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ के समक्ष भेजना जरूरी है या नहीं

याचिकाओं में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है सरकार ने बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण का कानून बना दिया

इस कडी में होशंगाबाद जिले में प्रशासन ने महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिये विकासखंड स्तरीय महिला किकेट मैच आयोजित किये जा रहे है जिले के सिवनी मालवा में कल इसके तहत पहला मैच आयोजित किया गया जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम विजयी रही

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएसरावत ने बताया कि महिला मतदाताओं को वोट का महत्व बताने के लिये यह आयोजन किया जा रहे है नीमच जिले में भी आज से मतदाता जागरूकता बैडमिटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है चार दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के माध्यम से लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक मतदान के लिये लोगों को प्रेरित किया जाएगा छिदवाडा जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कल आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गयी वहीं गुना जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत दीवारों पर नारे लिखकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है

सुत्रों ने शुरुआती जानकारी के हवाले से बताया कि श्री प्रजापति को एक कार्यक्रम में शामिल होना था इस दौरान उनके वाहन को फॉलो वाहन नहीं मिला जिसके चलते वे फॉलो वाहन के बिना ही नरसिंहपुर से झोतेश्वर के लिए रवाना हो गए बताया जा रहा है कि इसी दौरान दुल्हादेव के पास उनका वाहन ट्रक से टकराते टकराते बचा श्री प्रजापति ने पुष्टि करते हुए बताया कि दूल्हादेव के पास उनका वाहन हादसे का शिकार होने से बचा उन्होंने बताया कि उनके कार्यक्रम के बारे में जिला और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई थी उसके बाद भी फॉलो वाहन नहीं आया

आज उत्तरप्रदेश के मेरठ में लोकसभा चुनाव के लिये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस तक विकास का लाभ न पहुंचा हो श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के उद्वेश्य पर चलते हुए नये भारत के निर्माण के लिये काम किया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबो के लिये मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और हर नागरिक के लिये बैक खाता खोलने के लिये पक्की व्यवस्था की है प्रधानमंत्री ने आज उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी सभाओं को संबोधित किया

आज उन्होने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की उनका कल फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र जाने का कार्यक्रम है

नीमच जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी ऐसे पात्र व्यक्ति जिनके मतदाता पहचान पत्र गुम हो गये है या खराब हो गये है वे डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवा सकेंगे

प्रक्रिया के तहत किसानों को एसएमएस भोपाल से भेजे जाने है किन्तु किसानों को एसएमएस नही मिलने से केन्द्रों पर समर्थन मूल्य के गेंहूँ की खरीदी नही हो पा रही है कलेक्टर अजय गुप्ता ने समस्या का हल निकालते हुए बताया कि अब दोपहर तीन बजे तक एसएमएस प्राप्त किसानों से तथा तीन बजे बाद बिना एसएमएस के उन किसानों का गेंहूँ खरीदा जा सकेगा जो संबंधित उपार्जन केन्द्र पर पंजीकृत है